कहा प्रदेश सरकार उन्हें वापस लाने के लिए कार्रवाई कर रही है मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य की सभी सीमाएं सील करने का निर्देश दिया देश में कोविड नाइन्टीन से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर पच्चीस प्रतिशत से अधिक हुई राज्य में कोरोना संक्रमण के सतहत्तर नए मामले सामने आये कुल मरीजों की संख्या दो हजार दो सौ ग्यारह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश सरकार उन्हें वापस लाने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रही है उन्होंने प्रवासी मजदूरों से आग्रह किया कि वे धैर्य रखें और अपने गंतव्य तक पैदल यात्रा न करें मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संबंधित राज्य सरकारों के संपर्क में है और प्रदेश के सभी कामगारों को वापस लाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर रही है श्री योगी ने प्रवासी श्रमिकों से अनुरोध किया कि वे जिस राज्य में हैं वहां की सरकार के संपर्क में रहें मुख्यमंत्री कल लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ लॉकडाउन की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को पृथकवास केंद्रों से घर भेजते समय राशन सामग्री देने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नोएडा और दिल्ली से प्रदेश के छात्र छात्राओं को भी वापस लाने के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा है उन्होंने गाजियाबाद अलीगढ़ और नोएडा में अध्ययनरत दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों की सूची तैयार करके उन्हें उनके गृह राज्य मेजने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क करने के भी निर्देश दिए इस बीच दूसरे राज्यों में फंसे लाखों श्रमिकों और छात्रों को सुरक्षित उनके गृह जनपद पहुंचाया गया है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि अब तक दिल्ली से लगभग चार लाख श्रमिकों को प्रदेश वापस लाया गया है उन्होंने कहा कि हरियाणा से बारह हजार प्रवासी श्रमिक वापस लाए गए हैं श्री अवस्थी ने बताया कि राजस्थान के कोटा से ग्यारह हजार पांच सौ छात्रों को भी सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया है इसी तरह प्रयागराज में अध्ययनरत पंद्रह हजार से अधिक छात्रों को उनके गृह जनपद भेजा गया है प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य की समी सीमाएं सील करने का फैसला किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजधानी लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि नेपाल या देश के किसी अन्य राज्य से कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति प्रदेश में प्रवेश न कर पाए भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल भारतीय ऑटो मोबाइल उद्योग के कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ उद्योग पर कोविड नाइन्टीन के प्रभाव पर चर्चा की श्री जावड़ेकर ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये हुई इस बैठक में महामारी के प्रभाव को कम करने के सुझावों को सुना बैठक में ऑटो मोबाइल उद्योग को मदद देने आजीविका और संसाधनों पर भी विचार विमर्श किया गया श्री जावड़ेकर ने बताया कि उद्योगपतियों ने कोविड नाइन्टीन से निपटने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की है देश में कल कोविड नाइन्टीन महामारी से एक हजार सात सौ अट्ठारह व्यक्ति संक्रमित हुए हैं संक्रमित व्यक्तियों की कल संख्या अब तैंतीस हजार पचास पर पहुंच गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में बताया कि पिछले चौदह दिनों के दौरान संक्रमित व्यक्तियों के स्वस्थ होने की दर में वृद्वि दर्ज की गई है देश में संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर अब पच्चीस प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है अधिकारी ने बताया कि चौबीस दिन पहले यह दर तेरह प्रतिशत थी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश में कल इस घातक वायरस से सड़सठ लोगों की मौत हुई और छः सौ तीस लोग स्वस्थ हुए फिलहाल देश में कोरोना रोगियों के दोगुना होने की दर ग्यारह दिन हो गई है गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन से निपटने के नए दिशा निर्देश चार मई से लागू होंगे इनमें कुछ जिलों में कई तरह की छूट दी जाएंगी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में ब्यौरा अगले कुछ दिनों में जारी किया जाएगा केन्द्र सरकार ने राज्यों से ट्रक और अन्य मालवाहक वाहनों का मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने को कहा है गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा कि स्थानीय अधिकारियों को देशभर में राज्यों की सीमाएं पार करने के लिए अलग प्रवेश पत्र नहीं मांगना चाहिए उन्होंने पहले जारी किये गये आदेशों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि ट्रक के आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाये रखना जरूरी है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से संक्रमण के कल सतहत्तर नए मामले सामने आये जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दो हजार दो सौ ग्यारह हो गई है पांच सौ इक्यावन लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं और चालीस लोगों की मृत्यु हुई है प्रदेश भर में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार छः सौ बीस है कल सबसे अधिक अड़तीस मामले आगरा जिले में दर्ज किए गए यहां संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या चार सौ अड़सठ हो गई है इक्यानबे लोग अब तक स्वस्थ्य हुए हैं और चौदह की मृत्यु हुई है फिलहाल जिले में सक्रिय मामलों की संख्या तीन सौ तिरसठ है दूसरा सबसे अधिक प्रभावित जिला कानपुर नगर है यहां कल तीन नए मरीज मिलने के बाद संक्रमण के कुल दो सौ दस मामले हो गए हैं लखनऊ में कल एक मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई जिसके बाद संक्रमितों की संख्या दो सौ छः पहुंच गई है जिले में बासठ लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं और एक की मृत्यू हुई है यहां सक्रिय मामलों की संख्या एक सौ तैंतालीस है सहारनपुर में पांच नए मामले मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या एक सौ सत्तासी हो गई है फिरोजाबाद में कुल संक्रमितों की संख्या एक सौ ग्यारह पहुंच गई है मुरादाबाद में भी कल एक मामले की पुष्टि हुई जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या एक सौ दस है मेरठ में पांच नए मरीज मिले हैं जिसके बाद जिले में संक्रमितों का आंकड़ा एक सौ दो पहुंच गया है उन्चास लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं और पांच की मृत्यु हुई है जिले में सक्रिय मामलों की संख्या अड़तालीस है वाराणसी में कल कोरोना संक्रमण के आठ नए मामले सामने आए जिसके बाद जिले में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या साठ हो गयी है जिलाधिकारी ने बताया कि जिन व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया उनमें सिगरा थाने के दो पुलिसकर्मी और उनके संपर्क में आने वाला एक व्यक्ति तथा सीएचसी शिवपुर का एक वार्ड ब्वॉय भी शामिल है पूर्णबंदी के दौरान सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए लोगों को राहत दे रही है उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में लाखों परिवारों को रसोई गैस सिलिण्डर दिए गए हैं बलरामपुर जिले के कलवारी गांव की महिलाओं को भी उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है हमारे संवाददाता ने कुछ महिलाओं से बात की मेरा नाम अंजू देवी है गांव है कलवारी जिला बलरामपुर मेरे पास खाने बनाने के लिए पैसा नहीं था सरकार ने मुझे दिया है गैस भरान के लिए तो वही गैस से हम लोग खाना बनाते हैं खाते हैं घर पर रहते हैं

गांव कलवारी पोस्ट बलरामपुर इस समय लाकडाउन चल रहा है

मेरा नाम अर्चना देवी है कलवारी गांव है जिला बलरामपुर है

मोदी सरकार ने दिया है

विभिन्न मंचों पर चल रहे फर्जी समाचारों को रोकने के प्रयासों के तहत हम तथ्यों की जांच के आधार पर आपको भ्रामक खबरों के प्रति सचेत करते हैं सरकार ने इन दावों को खारिज किया है कि मेथेनॉल एथेनॉल या ब्लीच पीने से कोविड नाइन्टीन का इलाज या बचाव किया जा सकता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है मेथेनॉल एथेनॉल और ब्लीच जहर हैं और इनके पीने से विकलांगता और मृत्यु हो सकती है पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना संकट के समय आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए बनाए गए मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फण्ड में इकत्तीस लाख रूपये का योगदान दिया है मण्डल रेल प्रबन्धक डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धनराशि का चेक भेंट किया प्रदेश में गोरखपुर सुल्तानपुर अयोध्या कौशाम्बी समेत विभिन्न जनपदों में कल शाम से तेज हवाओं के साथ वर्षा होने के समाचार हैं मौसम विभाग ने आज भी राज्य के विमिन्न हिस्सों में आधी और बारिश की सम्भावना जताई है